केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में कोविड से संक्रमित मामलों में हो रही वृद्धि के मद्देनज़र आज रात दस बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक तालाबंदी लागू की गई है पंचकूला की सीबीआई अदालत ने एजेएल भूखंड आबंटन मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हड्डा पर आरोप तय किये आओ कोरोना को हराए कोविड उचित व्यवहार के पालन को जन आंदोलन बनायें कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

स्रक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली ऑक्सीजन की आवश्यक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए स्थिति का विस्तार से जायज़ा लिया है श्री मोदी ने कहा कि ऑक्सीजन की आवश्यक आपूर्ति को स्निश्चित करने के लिए मंत्रालयों और राज्य सरकारों मे तालमेल होना महत्वपूर्ण है उन्होंने बढ़ रही मांग को पूर्ति के लिए मेडिकल ऑकफ्रीजन का उत्पादन बढ़ाने के निर्देश भी दिये है

प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को देशभर में ऑक्सीजन पहुंचाने वाले टैकटरों की निर्विघ्न आवाजाही स्निश्चित करने का भी सुझाव दिया है अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को बताया कि इन टैंकरों को अंतरराज्यीय आवाजाही के लिए परमिट के पंजीकरण से छूट दी गई है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में कोविड प्रबंधन के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अपने अस्पतालों के बिस्तर देने की सलाह दी है मंत्रालय ने ऐसे अस्प्तालों और विशेष ब्लॉक का विवरण लोगों को उपलब्ध कराने के लिए भी कहा है केन्द्रीय मंत्रालयों को लिखे एक पत्र में केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव ने दोहराया है कि देश में कोविड संक्रमण के मामलों में आचनक वृद्धि की इस स्थिति में पिछले साल की तहर कार्रवाई करने की जरूरत है स्वास्थ्य मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि इन समर्पित अस्पतालों या ब्लॉक मे कोविड से संक्रमित मरीज़ों के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल सहित उपचार सेवायें प्रदान करने के लिए अलग से प्रवेश और निकास द्वार होने चाहिए इसके अलावा अस्पतालों मे ऑक्सीजन आपूर्ति य्क्त बिस्तर आईसीयू बैड वेंटीलेटर और गंभीर स्वास्थ्य संभाल इकाई प्रयोगशाला सेवायें रसोई घर और कपड़े धोने के साथ साथ सभी सहायक सेवायें उपलब्ध होनी चाहिए इसके अतिरिक्त इन अस्पतालों में समर्पित स्वास्थ्य कार्य बल भी तैनात रहना चाहिए

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार चिकित्सा आधारभूत संरचना का लगातार मज़बूत कर रही है

देश में रेमडेसिविर की कमी के आरोपों पर स्वास्थ्रू मंत्री ने कहा कि सरकार ने रेमडेसिविर बनाने वालों को इसका उत्पादन बढ़ाने को कहा है उन्होंने कहा कि दवा नियंत्रकों और राज्य में नियम लागू करने वाले अधिकारियों को कालाबाज़ारी जमाखोरी और रेमडेसिविर के अधिक दाम वसूलने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया है स्वासथ्य मंत्री ने कहा कि भारत कोविड स्थिति से निपटने में पिछले वर्ष के मुकाबले बेहतर स्थिति में है उन्होंने कहा कि कोविड उचित व्यवहार के पालन में लोगों दवारा बरती जा रही लापरवाही के कारण ही कोरोना संक्रमण के मामलों में अचानक इतनी वृद्धि हुई है

केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में कोविड से संक्रमित मामलों में हो रही वृद्धि और यूके स्ट्रेन मिलने के बाद सप्ताहांत पर लॉकडाउन रखने का फैसला किया गया है

तालाबंदी के दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी प्रतिष्ठान बाज़ार मॉल जिम और कल्ब बंद रहेंगे प्लिस को तालाबंदी सफल बनाने के लिए नाकाबंदी करने को कहा गया है हमारे संवाददात ने बताया कि तालाबंदी आज रात दस बजे श्रू हो जायेगी जो सोमवार सुबह पांच बजे तक जारी रहेगी तालाबंदी के दौरान परीक्षा देने जाने वाले और परीक्षा के लिए डयूटी देने वालों को अपने रोल नंबर या पहचान पत्र दिखाकर जाने की अन्मति होगी तालाबंदी के दौरान घर पर भोजन की डिलीवरी भी की जा सकेगी इसके अलावा अंतर राजयीय यात्रियों को भी नहीं रोका जायेगी

पंचकूला स्थित हरियाणा की विशेष सीबीआई अदालत के न्यायधीश स्नील क्मार गर्ग ने एजेएल भूखंड आवंटन मामले मे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हड्डा पर आरोप तय कर दिये है

मामलें की अगली सुनवाई सात मई को होगी जिस दिन सीबीआई अदालत में सभी गवाहों के बयान दर्ज करने का सिलसिला श्रू होगा हमारी संवाददाता ने बताया कि बचाव पक्ष द्वारा इन मामले में लगाई गई डिसचार्ज पटीशन को भी सीबीआई अदालत ने खारिज कर दिया है अदालत ने अगल सुनवाई के लिए दो गवाहों को सम्मन भी कर दिये है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सूनीत शर्मा ने सबको आशवस्त किया है कि भारतीय रेलवे अपनी सभी रेलगाडिय़ों का संचाचल जारी रखेगा और किसी को भी अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए